महेंद्र सिंह सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने आगामी बरसात तक विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है महेंद्र सिंह ठाकुर ने आज मंडी जिला के धर्मपुर में सिंचाई व जनस्वास्थ्य विभाग के वृत की बैठक को संबोधित करते हुए विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन इलाकों में पानी की किल्लत होती है उनमें विभाग पीने के पानी की आपूर्ति हर हाल में सुनिश्चित करें उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में पीने के पानी की आपूर्ति केवल विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से ही की जाएगी यदि कहीं पर आवश्यकता पड़ती है तो प्रशासन की अनुमति के बाद ही टैंकर द्वारा पानी की आपूर्ति की जाएगी उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश के चारों जोन के मुख्य अभियंता अपने अधिनस्थों के साथ बैठकर सूखे की किसी भी संभावना से निपटने के लिए कार्य योजना भी बनाएंगे कंवर ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि राज्य के प्रत्येक गांव के लिए एम्बुलेंस योग्य सड़क और पीने के पानी की व्यवस्था प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है वीरेंद्र कंवर आज कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के कोटला रवुर्द में नवनिर्मित मां छिन्नमस्तिका कुष्ठ आश्रम भवन के लोकार्पण अवसर पर बोल रहे थे कंवर ने लोकसभा चुनाव में आपार जनसमर्थन के लिए कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं का आभार व्यक्त किया उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नितियों को सराहना मिली है

सरवीन शहरी विकास मंत्री सरवीन चौधरी ने कहा है कि केंद्र व प्रदेश सरकार ने आम जनमानस के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं आरम्भ की हैं और इनका सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक पात्र लोग लाभान्वित हो सके सरवीन चौधरी आज शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की समीक्षा के लिए शाहपुर में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रही थी उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इस विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों को समयवद्व ढंग से पूरा करें सरवीन चौधरी ने ये भी कहा कि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र को मॉडल विधानसभा क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा बिंदल विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा है कि वरिष्ठ नागरिक समाज की बहुमूल्य पूंजी है जिनके अनुभव से समाज को नई दिशा मिलती है बिंदल आज नाहन में उनसे मिलने आए शहर के वरिष्ठ नागरिकों के एक प्रतिनिधिमंडल को संबोधित कर रहे थे बिंदल ने कहा कि नाहन शहर के वरिष्ठ नागरिक शहर की व्यवस्था को चुस्त दुरूस्त करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं जो प्रसन्नता का विषय है उन्होंने आशवासन दिया कि शहर के वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं को प्राथमिकता को आधार पर हल किया जाएगा डीसी शिमला उपायुक्त व अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव कमेटी के अध्यक्ष राजेश्वर गोयल ने कहा है कि ग्रीष्मोत्सव के उपलक्ष्य में दो जून को फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा फोटोग्राफी प्रतियोगिता तीन वर्गों में होगी प्रतिभागियों को दो विषयों हैरिटेज ऑफ शिमला और पैनोरमिक शिमला पर अपनी प्रविष्टियां देनी होगी इस बीच ग्रीष्मोत्सव के उपलक्ष्य में आज रिज मैदान पर स्थित दौलत सिंह पार्क में वरिष्ठ वर्ग की दो दिवसीय अंतर विद्यालय स्थलीय चित्रकला प्रतियोगिता आरम्भ हुई उपायुक्त ने प्रतियोगिता का शुभारम्भ करते हुए प्रतिभागियों का आहवान किया कि वे पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद गतिविधियों में भी नियमित भाग लें

शोक व्यक्त चंबा के मोहल्ला रामगढ़ के वयोवृद्ध स्वतंत्रता सैनानी ज्ञान चंद का कल निधन हो गया

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि स्वतंत्रता सेनानी ज्ञान चंद के निधन से अपूर्णीय क्षति हुई हैं वह आजाद हिंद फौज के सदस्य भी थे विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने भी वयोवृद्ध स्वतंत्रता सैनानी के निधन पर शोक व्यक्त किया है

इस दौरान सार्वजनिक स्थलों शिक्षण संस्थानों और अन्य स्थानों पर आपदा के दौरान राहत व बचाव कार्य का अभ्यास किया जाएगा एनडीआरएफ की टीम जिले में संभावित आपदाओं की संवेदनशीलता और इनसे निपटने के लिए उपलब्ध संसाधनों का आकंलन भी करेगी डीजीपी प्रदेश के पुलिस महानिदेशक सीताराम मरडी ने कहा है कि प्रदेश पुलिस मादक द्रव्य और माफियाओं को नियंत्रित करने के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था संतोषजनक है और बीते एक वर्ष में पंजीकृत अधिकांश मामलों को सुलझा लिया गया है मरडी आज सोलन में किन्नौर सोलन शिमला सिरमौर और बद्दी पुलिस ज़िला के अधिकारियों के साथ आयोजित त्रैमासिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए कि वे पंचायत स्तर पर नशा निर्वारण कमेटियां गठित करें ताकि ग्राम स्तर पर युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत करवाया जा सके उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश पुलिस राज्य में ही नहीं बल्कि प्रदेश से बाहर भी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपना योगदान दे रही है विरोध प्रदर्शन जेबीटी कमीशन में एनसीटीई की अधिसूचना के अनुसार बीएड को भी शामिल करने के विरोध में जेबीटी और डीएलएड प्रशिक्षुओं ने आज प्रदेशभर में विरोध प्रदर्शन किए रिकांगपिओ में आयोजित विरोध प्रदर्शन के मौके पर जेबीटी प्रशिक्षु संस्थान रिकांगपिओ के हैड ब्वाय अरूण और मीडिया प्रभारी सुभाग नेगी ने कहा कि जेबीटी और बीएड के प्रशिक्षण में जमीन आसमान का फर्क है

सरकार के इस फैसले के खिलाफ सोलन में भी जेबीटी प्रशिक्षुओं ने विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि इस फैसले से वर्षों से रोजगार का इंतजार कर रहे जेबीटी प्रशिक्षित उम्मीदवारों को नुकसान हो रहा है

इससे घाटी के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है खासकर विभिन्न प्रतियोगी व अन्य परीक्षाओं के लिए ऑनलाईन आवेदन करने वाले युवा इंटरनेट सुविधा न होने से परेशान है घाटी के लोगों की मांग है कि लाहौल को जोड़ने वाली ओएफसी को तुरंत ठीक किया जाए ताकि घाटी में बीएसएनएल की इंटरनेट सेवा बहाल हो सके

दुर्घटना के समय ट्रैक्टर ट्राली रेत से भरी थी मृतकों की पहचान धर्मेद्र कुमार पुरूषोतम लाल और गुरप्रीत सिंह के रूप में हुई है ये तीनों गढ़शंकर क्षेत्र के रहने वाले थे घटना की सूचना मिलते ही पुलिस राहत व बचाव दल के साथ घटना स्थल पर पहुंची और शवों को खाई से निकाला पुलिस ने तीनों शवों का पोस्टमार्टम करवाकर इन्हें परिजनों के हवाले कर दिया है